केन्द्र ने यह कदम इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के एक फैसले के बाद उठाया है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने एक आदेश में कहा कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों विभागों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति को लागू करेंगे राज्य सरकारों को भी इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं

सांसद शांता कुमार ने शिविर की अध्यक्षता की अपने संबोधन में विपिन परमार ने कहा कि विश्व में उपचार के लिए कई प्रणालियां प्रचलित हैं लेकिन योग की सार्थकता को विश्व में पहचान मिली है उन्होंने निरोग जीवन यापन के लिए लोगों से योग अपनाने और शिविर से लाभ लेने की अपील की सांसद शांता कुमार ने कहा कि योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ जीवन प्राप्त किया जा सकता है ईद ईद उल फितर का त्यौहार आज प्रदेशभर में पारम्परिक हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाया जा रहा है यह त्यौहार आपसी भाईचारे क्षमा व उदारता का प्रतीक है इस मौके पर शिमला समेत प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों में नमाज अता की गई सोलन में भी ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुरीब ब जुरूरतमंदों की सेवा के लिए चंदा एकत्रित किया उधर चम्बा में भी ईद की नमाज अता की गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी केन्द्रीय आदर्श कारागार नाहन में सजा काट रहे कैदियों ने धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया प्रदेश के अन्य भागों में भी ये पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया

नाहन से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इससे सिरमौर जिले में भी पर्यटन को पंख लगेंगे

सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि राज्य सरकार विकास के लिए सभी जिलों को पर्याप्त धन मुहैया करवा रही है सोलन ज़िले की बड़ोग पंचायत के आंजी में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार लोगों का जीवन सुगम बनाने और उन्हें जरूरी सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है सहजल ने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां अगले दो वर्षो में सभी परिवारों के पास रसोई गैस सुविधा उपलब्ध होगी

सरवीण कांगड़ा जिले के शाहपुर में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज जन समस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया